नई दिल्ली में भावी गतिशीलता शिखर बैठक दो हजार अट्ठारह को संबोधित करते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि किसी भी आर्थिक प्रणाली के विकास के लिए एक ठोस और मजबूत परिवहन व्यवस्था रीढ़ की तरह होती है श्री अमिताभ कांत ने कहा कि गतिशील रणनीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन उन्मुख योजना डिजिटीकरण पर अधिक ध्यान देना है

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भारत में गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा रही है जो हमें ज्ञान देने के साथ साथ स्वास्थ्यस्वच्छता और राष्ट्रीय भावना का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है उन्होंने कहा कि गुरुकुल शिक्षा श्रुती और स्मृति पर केंद्रीत थी इधर अपने संदेश में मुख्यमंत्री पेमा खाण्डु ने कहा कि हर वर्ष पांच सितंबर को देशभर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती को शिक्षक दिवस के रुप में मनाया जाता है उन्होंने बताया कि शिक्षक वो नीव है जो राष्ट्र के लिए जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ देश के भविष्य पीड़ि को तैयार करते है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने आज ईटानगर से अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा के अट्ठारह टाटा सुमो को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने यात्रियों के लिए सस्ते और किफायती सेवा मुहैया कराने पर विभाग को बधाई दी मुख्यमंत्री ने दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए टाटा सुमों की सेवा शुरु करने पर विभाग की सराहना की

श्री मिश्रा ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने और टेक्सटबुक्स के त्वरित संग्रह और वितरण पर जोर दिया उन्होंने उप मुख्यमंत्री से अगले शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों की खरीद के लिए अग्रिम योजना बनाने की सलाह दी ताकि छात्रों को अपने अकादमिक सत्र की पारुआत में पस्तके मिल सके मुख्यमंत्री पेमा खाण्डु ने अरुणाचल प्रदेश यूनियन फॉर वरकिंग जर्नेलिस्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार मुक्त सोच समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रेस सुधारों पर संघ की मांग पर विचार करेगी

उन्होंने कहा है कि अधिनियम लागु होने से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी संघ ने मजदूर पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरु करने और मजीठिया मजदूर बोर्ड की कार्यान्वयन की भी मांग की विभिन्न परियोजनाओं के तहत बनाए गए संपत्तियों की निगरानी और भू टैगिंग के लिए वेब पोर्टल के उपयोग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को लॉन्गडिंग में आयोजित किया गया लोगंडिंग जिला उपायुक्त विक्रम सिंह मलिक ने आशा व्यक्त की कि भू टैगिंग पर प्रशिक्षण से दूर दराज के क्षेत्रों में परियोजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी पापुमपारे जिला उपायुक्त डॉ जोरम बेदा ने आगामी विशेष साराश संशोधन दो हजार अट्ठारह उन्नीस पर चर्चा के लिए हालही मे चुनावी पंजीकरण अधिकारी सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी और राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ एक बैठक कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले के तीनो विधान सभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के एक एक बुथ स्तर एजेंट नियुक्त करने की बात कही बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे अरुणाचल क्रिकेट एसोसियेशन ने आगामी उन्नीस सितंबर से गुजरात में शुरु हो रही विजय हजारे ट्रॉफी दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए पंद्रह सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है इंदिरा गांधी पार्क में संघ के सदस्य खोलि तादो की अध्यक्षता में चयन प्रक्रिया के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्रदर्शन के आधार पर इन पंद्रह खिलाड़ियों का चयन किया गया है टीम अपना पहला मैंच उन्नीस सितंबर को मिजोरम के साथ खेलेगी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 आज का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया